श्री मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए तीन दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट दो हजार इक्कीस का उद्घाटन किया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में स्वभाविक रूप से अगुवा होने के कारण जल्द ही समुद्री अर्थव्यवस्था में वृद्दि के लिए बड़ी सफलता हासिल कर लेगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार विभिन्न सुधारों के माध्यमों से समुद्री ढांचागत सुविधाए तैयार करने पर जोर दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रमुख बंदरगाहों पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में ब्नियादी ढांचे के उन्यन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है और इसके साथ ही समुद्री अर्थव्यवस्था में सुधार को बढावा दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि इन उपायों से आत्मनिर्मर भारत के लक्ष्य को प्रात किया जा सकता है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि तटीय आर्थिक क्षेत्र के साथ बंदरगाहों के एकीकरण बंदरगाह आधारित स्मार्ट शहर का निर्माण और बंदरगाहों के निकट वैश्विक विनिर्माण गतिविधयां शुरू करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेश करने योग्य चार सौ से अधिक परियोजनाओं की सूची तैयार की है प्रधानमंत्री ने कहा कि बयासी अरब डॉलर की पांच सौ चौहत्तर परियोजनाए सागर माला परियोजना के तहत चिन्हित की गई हैं उन्होंने कहा कि ट्वीपीय बुनियादी ढांचा और पारिस्थिकी तंत्र के विकास की शुरुआत हो गई है प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय और निजी क्षेत्र से बंदरगाहों के लिए निवेश करने की अपील की इससे पहले प्रधानमंत्री ने मैरीटाइम इंडिया विजन दो हजार तीस नामक ईब्क का विमोचन किया इसमें समुद्री क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी दी गई है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के अड़तीसवें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ आज बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल और विशिष्ट अतिथि मालदीव में पूर्व राजदूत एवं विदेश मंत्रालय में अपर सचिव अखिलेश मिश्र व कुलपति प्रो राजाराम शुक्ल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर के किया कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश की राज्यपाल व विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि संस्कृत भाषा और सनातन संस्कृति की वजह से ही भारत एकता के सूत्र में बंधा है उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है कुलपति प्रोराजाराम शुक्ल ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में स्थापित की जा रही फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पी पी मोड में विकसित किया जाये जिससे फिल्म निर्माताओं को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा द्वारा विकसित किए जा रहे नोएडा फिल्म सिटी के सम्बंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे प्रदेश में किसानों से इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान की सर्वाधिक खरीद की गयी है

उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी एक अप्रैल से सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी सरकार ने इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार नौ सौ पचहत्तर रूपए घोषित किया है श्री सहगल ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया एक मार्च से शुरू हो गयी है किसान एफसीएस डॉट यूपी डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करा सकते हैं

प्रदेश में कोरोना की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है कल एक दिन में एक लाख नौ हजार आठ सौ सत्तर कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक तीन करोड़ पंद्रह लाख पांच हजार सात सौ साठ कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है

मृतक और घायल श्रमिक हमीरपुर जिले के निवासी थे और मजदूरी करने जा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने अधिकारियों को दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं